लोगों को अनावश्यक घर से बाहर निकलने पर होगी पाबंदी

आज रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है इसलिए सभी श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही ना बरतें सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और पैंतालीस वर्ष से उपर को सभी लोग बेहिचक टीका लगवायें सुरक्षित रहें और तीन आसान उपायों का पालन करें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 राज्य सरकार द्वारा जारी स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह आज से शुरू हो गया है

इस दौरान आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी दुकानें और कार्यालय बंद रहेंगे गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से राज्य के मुख्य सचिव ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है एयर रेलवे बस सेवाएं जारी रहेंगी यात्रियों को अपना पहचान पत्र दिखाकर यात्रा करने की स्वीकृति दी जायेगी इसके अलावा इस दौरान जो चीजें ख्ली रहेंगी उनमें दवा द्वकानें हेत्थ केयर और चिकित्सा उपकरणों फल सब्जियों अनाज दूध और डेयरी प्रोडक्ट पश् चारा और खाने पीने की दकानें मिठाई की दुकानें जन वितरण प्रणाली की दुकान पेट्रोल पंप एलपीजी और सीएनजी आउटलेट ग्रॉसरी एफएमसीजी स्टोर शामिल हैं होटल और रेस्टोरेंट भी खुले रहेंगे लेकिन होम डिलीवरी की ही अनुमति होगी वहीं नेशनल और स्टेट हाईवे पर ढाबे खुले रहेंगे समी प्रकार के माल की द्वलाई के लिए परिवहन व्यवस्था जारी रहेगी वैसी सभी दुकानें जो परिवहन और समानों के लॉजिस्टिक से जुड़ी हैं खूली रहेंगी सामानों की दूलाई की अनुमति दी गई है कृषि और इससे जुड़ी गतिविधियां जारी रहेंगी खेतीबाड़ी के सामान की दुकानें खुली रहेंगी औद्योगिक खनन गतिविधियां भी जारी रहेंगी इस दौरान सभी धार्मिक स्थल खुलेंगे लेकिन लोगों के प्रवेश पर अनुमति नहीं होगी

कपड़ा दुकान इलेक्ट्रॉनिक्स दकान आदि बंद रहेंगे

सभी स्कूल कॉलेज आईटीआई स्किल डेवलपमेंट सेंटर कोचिंग संस्थान ट्यूशन क्लासेस और ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट बंद रहेंगे सभी परीक्षाओं पर रोक रहेगी सभी आंगनबाड़ी केंद्र भी बंद रहेंगे

सिनेमाघर और मल्टीप्लेक्स स्टेडियम जिम स्विमिंग पूल और पार्क बंद रहेंगे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य में कोरोना संक्रमण के तेजी से बढ़ रहे मामले को लेकर बुधवार को सैन्य अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की

उन्होंने कहा कि झारखंड मे सेना के जो अस्पताल हैं वहां सामान्य मरीजों का भी इलाज हो सके इस दिशा में उन्होंने पहल करने को कहा मुख्यमंत्री ने सेना के अधिकारियों से कहा कि सेना का रांची के नामक्म और रामगढ़ में जो अस्पताल हैं वहां अगर सामान्य कोविड मरीजों के इलाज की अनुमति केंद्र सरकार से मिलती है तो राज्य सरकार वहां ऑक्सीजन युक्त बेड़ बढ़ाने वेंटीलेटर की सुविधा समेत अन्य सभी चिकित्सीय जरूरत के संसाधनों को उपलब्ध कराएगी उन्होंने कहा कि सेना के अस्पतालों में अनुभवी चिकित्सक और पारा मेडिकल कर्मी और अन्य मानव बल उपलब्ध हैं इनका सहयोग मिलने से कोरोना मरीजों का बेहतर इलाज हो सकेगा मुख्यमंत्री ने बताया कि कहा कि राज्य कृछ जिलों का सर्किट बनाकर वहां बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार कर रही है ताकि वहां के मरीजों का वहीं बेहतर इलाज हो वहीं सेना के अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को बताया कि केंद्र सरकार से इस संबंध में बातचीत की जा रही है

इस संबंध में मंगलवार को कार्यपालक निदेशक स्वास्थ्य सेवाएं ने आदेश ज्ञापन जारी किया है

सेवानिवृत्त अधिकारियों और कर्मचारियों और उनके आश्रितों को भी यह लाभ मिलेगा कोरोना मरीजों की मदद के लिए रांची स्थित प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में कंट्रोल रूम खोला जायेगा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रामेश्वर उरांव ने कहा कि इस संकट की घड़ी में प्रदेश कांग्रेस लोगों के साथ खडी है उन्हें हर संभव मदद पहंचाने का प्रयास किया जायेगा

उन्होंने बताया कि इस समय किसी को बेड की आवश्यकता है तो किसी को जांच रिपोर्ट नहीं मिल रही है या फिर ऑक्सीजन की कमी है कांग्रेस कार्यकर्ता उन्हें ये सभी चीजें जरूरतमंदों को उपलब्ध कराएंगे

राज्य के विभिन्न जिलों में कल रात नौ बजे तक जारी कोविड ब्लेटिन के अनुसार कोरोना के पांच हजार इकतालीस नए संक्रमित मरीज मिले

कोरोना संक्रमण की बढ़ती रफ्तार को देखते हुए एचइसी प्रबंधन ने नयी गाइडलाइन जारी की है

उन्होंने यह भी कहा है कि यह ध्यान रखा जाये कि उत्पादन में गिरावट न हो स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत निजी स्कूलों को मान्यता प्रदान करने की प्रक्रिया फिर शुरू करेगा अब आवेदन के लिए प्रक्रिया ऑनलाइन होगी जिन स्कूलों ने अभी तक ऑफलाइन आवेदन जमा किया है उसे संबंधित जिलों के जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय द्वारा विभाग की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा ऐसे में संबंधित स्कूलों को फिर से आवेदन करने की जरूरत नहीं होगी झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद ने सरकारी स्कूलों के बच्चों को किताबें उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है परिषद ने कहा है कि बच्चों की जगह अभिभावकों को स्कूल बुलाकर पुस्तकों का वितरण किया जायेगा ताकि बच्चों की घर पर भी पढ़ाई जारी रहे इस संबंध में निदेशक डॉ शैलेश कुमार चौरसिया ने पांच मई तक सभी विद्यार्थियों को पुस्तकें उपलब्ध कराने का निर्देश जारी किया है राज्य के मौसम में एक बार फिर बदलाव हुआ है

पूर्वी सिंहभूम रामगढ़ सिमडेगा खूंटी लोहरदगा गुमला रांची पश्चिमी सिंहभूम सरायकेला खरसांवा में मेघ गर्जन के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है

इधर गोड्डा जिले में कल देर शाम आंधी आने से भारी क्षति हुई है गोड्डा के बोआरीजोर प्रखंड के ललमटिया थाने के लीलातरी पंचायत के बभनिया गांव में करीब एक सौ घर में भीषण आग लग गई

आग के लगने का कारण का पता नहीं चल सका है ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड ललमटिया का अग्निशमन वाहन खराब हो जाने के कारण मौके पर नहीं पहंच पाया

वहीं आज रॉयल चौलेंजर्स बैंगलोर का मुकाबला राजस्थान रॉयल्सम से होगा यह मैच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में शाम साढ़े सात बजे से शुरू होगा

दैनिक जागरण ने आज से आंशिक लॉकडाउन पर लिखा है बेवजह घर से निकले तो धरे जायेंगे

हिंदुस्तान ने राज्य में ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड बढ़ाने की खबर को प्राथमिकता के साथ प्रकाशित किया है अंग्रेजी में प्रकाशित हिंदुस्तान टाईम्स ने कोविशिल्ड का टीका की कीमत तय किये जाने की खबर को पहली खबर बनाया है